कल से होगा निबंधन दो मार्च से तीसरे चरण का टीका लगाया जायेगा

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत का मंत्र देश के गांव गांव तक पहुंच रहा है

जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है प्रत्येक देशवासी जुड़ता है तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्प्रिट बन जाता है जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियाँ खाते देखते हैं जब भारत में बने टैंक भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुँचते हुए देखते हैं तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है हर क्षेत्र में हमें इस गौरव को बढ़ाना होगा जब हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तभी सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के मिसरौलिया प्रखंड के रतनमाला गांव के प्रमोद का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने बताया कि वे दिल्ली में एल ई डी बल्ब बनाने वाले एक कारखाने में तकनीशियन थे लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उन्हें घर वापस लौटना पड़ा

भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई जून में बारिश शुरू होती है

हम अभी से जुटेंगे हम पहले से जो रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम है उन्हें दुरुस्त करवा लेंगे गांवो में तालाबों में पोखरों की सफाई करवा लेंगे जलस्त्रोतों तक जा रहे पानी के रास्ते की रुकावटें दूर कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल का संचयन कर पायेंगे श्री मोदी ने कहा कि एक समय गांव में रहने वाले लोग अपने कुंओं और तालाबों की सामूहिक रूप से देखभाल करते थे आज मनाये जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चन्द्रशेखर वेंकट रामन द्वारा रामन प्रभाव की खोज के सिलसिले में मनाया जाता है श्री मोदी ने कहा कि देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी चाहिए

जब हम साईंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फीजिक्स केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं लेकिन साईस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साईंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है

प्रधानमंत्री ने स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाओं का भी जिक्र किया

अधिकतर युवा साथियों के एग्जाम्स परिक्षाए होंगी आप सब को याद है ना वॉरियर बनना है वरियर नहीं हँसते हुए एग्जाम देने जाना है और मुस्कुराते हुए लौटना है किसी और से नहीं अपने आप से ही स्पर्धा करनी है पर्याप्त नींद भी लेनी है और टाइम मैनेजमेंट भी करना है खेलना भी नहीं छोड़ना है क्योंकि जो खेले वो खिले रिवीजन और याद करने के स्मार्ट तरीके अपनाने हैं यानी कुल मिलाकर इन एग्जाम्स में अपने बेस्ट को बाहर लाना है श्री मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से सतर्कता बरतने में कोई ढिलाई नहीं बरतने का भी आग्रह किया उन्होंने कहा कि एहतियात में ढिलाई देने का वक्त अभी नहीं आया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न खेलों की कमेंट्री अलग अलग भाषाओं में की जानी चाहिए

हमारे यहां भी बहुत से भारतीय खेल हैं लेकिन उनमें कमेंट्री कल्चर नहीं आया है और इस वजह से वो लुप्त होने की स्थिति में हैं मेरे मन में एक विचार है क्यों न अलग अलग स्पोर्ट्स और विशेषकर भारतीय खेलों की अच्छी कमेंट्री अधिक से अधिक भाषाओं में हो हमें इसे प्रोत्साहित करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए मैं खेल मंत्रालय और प्राइवेट संस्थान के सहयोगियों से इस बारे में सोचने का आग्रह करूंगा माघ के महीने का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह महीना आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व का महीना है उन्होंने कहा कि कल माघ पूर्णिमा के दिन संत श्री रविदास जी की जयंती मनाई गई श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को संत रविदास से सीख लेकर उनके बताये रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए राज्यपाल फागू चौहान ने आज आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में स्थान पाने वाले बिहारी युवा पश्चिम चंपारण जिले के मिसरौलिया प्रखंड के रतनमाला गांव के प्रमोद को बधाई दी है केन्द्र सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड का टीका लगाने के लिए दो सौ पचास रूपये की दर निर्धारित किया है केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद तीसरे चरण के लिए आज टीके का ड्राई रन किया गया कल से निबंधन शुरू होगा और दो मार्च से टीकाकरण किया जायेगा इस चरण में साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जायेगा साथ ही गंभीर बीमारी वाले पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी कोविड टीका लगाया जाएगा दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह टीका निःशुल्क लगाया जाएगा जबकि लगभग बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का शुल्क लोगों को वहन करना होगा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि निजी अस्पतालों में टीके की आपूर्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा निदेशक ने कहा कि एक परिवार के एक मोबाईल नम्बर पर अधिकतम चार लोगों का ही टीकाकरण के लिए निबंधन कराया जा सकेगा उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल निर्धारित राशि से अधिक की मांग करते हैं तो टोल फ्री नम्बर एक सौ चार पर शिकायत दर्ज करायी जा सकेगी श्री कुमार ने कहा कि निबंधन के लिये लाभार्थी के पास ओटीपी के लिये अपना मोबाईल नम्बर और सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा प्रदेश के कॉमन सर्विस सेन्टर पर आयूष्मान कार्ड बनाने के लिए अब शुल्क नहीं देना पड़ेंगा नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी और सीएससी के बीच हुये समझौते के बाद बिहार समेत देश के दस राज्यों में कल से आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाये जायेंगे पहले यह कार्ड बनवाने के लिए तीस रूपये देने पड़ते थे

यह दिवस प्रतिवर्ष अट्ठाईस फरवरी को रमण प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसी दिन भौतिकीविद् सी वी रमण ने रमण प्रभाव की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए वर्ष उन्नीस सौ तीस में उन्हें नोबल प्रस्कार से सम्मानित किया गया था इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दो हजार इक्कीस की थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भविष्य और नवाचार शिक्षण कौशल और कार्य पर प्रभाव प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल कल से खुलेंगे कोरोना महामारी के कारण स्कूल पिछले वर्ष चौदह मार्च से बंद हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना होगा किसी भी बीमार शिक्षक या विद्यार्थी को स्कूल परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को जीविका के माध्यम से दो दो मास्क मुफ्त दिये जायेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को तैयार रहने को कहा है आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं पंचायत चूनाव में मुखिया और सरपंच पद के लिए नामांकन शुल्क एक हजार रूपये होगा जबकि इसी पद के लिए महिला प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी के सदस्यों को नामांकन शुल्क पांच सौ रूपये देने होंगे जिला परिषद के सामान्य पद के लिए उम्मीदवारों को दो हजार रूपये जबकि अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन के लिए एक हजार रूपये देने होंगे बांग्लादेश के पास चक्रवात के कारण राज्य की हवा में नमी घट गयी है जिससे पश्चिम से आने वाली हवा गर्म हो गयी है इसके कारण तापमान में वृद्धि हो रही है मौसम विभाग पटना के वैज्ञानिक के अनुसार राजधानी पटना के अतिरिक्त गया भागलपुर पूर्णिया समेत अन्य भागों में भी लगातार अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है आज डिहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान चौंतीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया

प्रभारी सिविल सर्जन राजेंद्र कुमार राजेश ने बताया कि घटना की सूचना पर स्थानीय परवलपुर अस्पताल के डॉक्टरों की टीम गांव पहुंच कर लोगों के इलाज में जुटी है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल ने नेपाली शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है इधर शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग ने तैंतीस बोतल शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है दोनों अरियरी थाना क्षेत्र के मनकौल गाव के रहने वाले हैं सारण जिले में पूर्व मध्य रेलवे के गोलडेनगंज सोनपूर रेलखंड के बड़ा गोपाल स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गयी

पूलिस मामले की जांच कर रही है

कल से होगा निबंधन दो मार्च से तीसरे चरण का टीका लगाया जायेगा